इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी श्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है

लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस पहल की प्रशंसा की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की प्रदेश के डिण्डोरी जिले के गुरैया गांव में भी अभिलेख वितरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरैया के दशरथ सिंह मरावी से सीधा संवाद किया उन्होंने दशरथ सिंह को बधाई दी और दशरथ से आबादी भूमि का हक मिलने के बाद अनुभव को पूछा

आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए राज्य शासन बिगड़े वन क्षेत्रों में निजी निवेशकों को आमंत्रित करेगा और वनोपज पर आधारित घरेलू उद्योगों की स्थापना और वृक्षारोपण पर काम करेगा

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है